प्रधान न्याायाधीश रंजन गोगोई वाली पीठ ने केरल के एक संगठन की संबंधित याचिका खारिज करते हुए कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है

रंगपंचमी प्रदेश के मालवांचल के इन्दौर उज्जैन समेत पूरे क्षेत्र में आज रंगपंचमी की धूम दिखाई दे रही है महाकालेश्वर मंदिर से सुबह अबीर गुलाल से रंगपंचमी की शुरुआत हुई

इस अवसर पर भगवान महाकालेश्वर का विशेष श्रंगार किया गया इंदौर में आज लोग रंग गुलाल से सराबोर होकर गेर में शामिल हुए इस दौरान रंग गुलाल की होली खेली गई राजधानी भोपाल में भी आज शहर के प्राने क्षेत्र में चल समारोह के साथ रंगपंचमी मनाई जा रही है लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंगपंचमी की शुभकामनायें दे रहे हैं जगह जगह हुरियारे टोलियों में रंग खेल रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता ने बताया है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए विशेष इंतजाम किये गये हैं हुरियारों में उत्साह देखा जा रहा है उधर आगर मालवा मे भी आज फाग यात्रा निकाली गई गेर में घोड़े ढोल नगाड़ों के साथ हुरियारों ने गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को रंगपंचमी की बधाई दी हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंगपंचमी पर युवाओं के साथ बच्चों में भी रंग खेलने को लेकर उत्साह देखा गया पन्ना के एतिहासिक प्राणनाथ मंदिर में फूलों की होली खेली गई अशोकनगर जिले के करीला में आज से तीन दिवसीय मेला शुरू हो गया है श्योपुर में भी रंगपंचमी मनाई गई

नामांकन लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए पर्चे भरने का आज अंतिम दिन है

इस चरण में उत्तरप्रदेश में आठ महाराष्ट्र में सात उत्तराखंड और असम में पांच पांच बिहार और ओडिशा में चार चार जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश मेघालय और पश्चिम बंगाल में दो दो और छत्तीसगढ़ मणिपुर मिजोरम नगालैंड त्रिपुरा सिक्किम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में एक एक निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे ई उपार्जन प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं चना मसूर जैसी रबी फसलों की खरीदी शुरू हो गई है

वहीं आगर मालवा में आज से समर्थन मूल्य पर होने वाली गेंहू चना मसूर की खरीदी शुरू हो गई है टीकमगढ़ जिले में भी आज से गेहूं चना की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो गई है खरीदी के बाद गेहूं सरकारी गोदामों में पहुंचते ही किसानों के बैंक खातों में राशि डाली जायेगी इसके लिए किसानो के ई पेमेण्ट प्रोफाइल अपडेट किये जा रहे हैं

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव में जिलों के छात्र छात्राएं शिक्षक और आयोजक अधिकारीकर्मचारी शामिल हो रहे हैं इस दौरान बच्चों को वन्य प्राणियों जंगल से जुड़ी जानकारियों पर आधारित आयोजन किया जायेगा

बड़वानी जिले में खेतिया थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक की सेंधवा मार्ग पर सड़क द्र्घटना में मृत्यू हो गई